इसके बाद इन सभी क्षेत्रों में प्रत्याशी सिर्फ घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे

इसी दिन छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होना है मध्यप्रदेश में कुल चार चरणों में चुनाव होने हैं

यहां शहर में शराब दुकानों पर भी मतदाता जागरूकता के बैनर लगाये गये हैं मंडला में शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा स्वीप की गतिविधियां गांव गांव में आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है मनेरी विकासखंड में छात्र छात्राओं ने माता पिता व अभिभावकों को पत्र लिखकर मतदान करने की अपील की नरसिंहपुर जिले में पीले चावल देकर लोगों को मतदान करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है खंडवा के उत्कृष्ट विद्यालय में पढने वाले ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राओं ने भी इसी तरह अपने अभिभावकों से मतदान करने की अपील की उधर डिण्डोरी में जिला स्तरीय फृटबाल प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें मतदाता जागरूकता के नारे स्लोगन के जरिए लोगों से मतदान की अपील की गई भिंड मुरैना सीधी रायसेन शाजापुर धार शिवपुरी कटनी उज्जैन सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं इंदौर नामांकन प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से आज भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी ने अपना नामांकन दाखिल किया इस अवसर पर श्री ललवानी के साथ लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से वर्तमान सांसद सुमित्रा महाजन और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचे मुरैना नाम वापसी प्रदेश के मुरैना संसदीय क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया

यहां मुख्य मुकाबला केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के बीच है

चुनाव निशुल्क इलाज लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के निशल्क इलाज के लिए चुनाव आयोग ने उचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं ड्यूटी के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने या दुर्घटना का शिकार होने पर निजी या शासकीय अस्पताल में उसका निशुल्क उपचार कराया जाएगा इलाज में आने वाला खर्च चुनाव आयोग द्वारा दिया जाएगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इलाज में होने वाले खर्च का ब्यौरा संबंधित अस्पताल से प्राप्त कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल को भुगतान के लिए भेजना होगा विक्रमादित्य पोत आग कर्नाटक के कारवार में युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर लगी आग बुझाने के दौरान रतलाम निवासी नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेद्रसिंह चौहान शहीद हो गए प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लेफ्टिनेंट कमांडेट श्री चौहान को श्रद्वांजलि अर्पित की है